इनमें से अब तक छह लोगों की मृत्यु हो चुकी है

इनमें आठ मरीजों की हालत गंभीर है इंदौर के सरकारी अस्पताल में कार्यरत एक स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर में भी कल कोरोना वायरस के पॉजिटिव लक्षण पाए गए

यह डॉक्टर क्छ दिनों पहले लखनऊ में अपने पति से मिलने के बाद इंदौर आई थी जबलप्र में कोरोना मरीजों की संख्या आठ पर ही स्थिर है जबकि राजधानी भोपाल में अब तक चार लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है इसके अलावा शिवप्री और ग्वालियर में अब तक दो दो कोरोना संक्रमित मरीजों का पता चला है इंदौर में गंभीर खबरों के बीच राज्य के अन्य क्षेत्रों से अच्छी खबरें आई हैं

सभी आठ मरीजों की हालत स्थिर है

सभी जिलों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं हालांकि जरूरी सेवाओं और वस्त्ओं की आपूर्ति स्निश्चित की जा रही है नागरिकों से अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न जाने का अन्रोध किया जा रहा है

ये सभी लोग दिल्ली के तबलीगी जमात में शामिल हुए थेवहीं मुरैना जिले में कोरोना संक्रमण की आपदा को रोकने के लिए जिला कलेक्टर ने आज से नगर निगम सीमा में सब्जी मंडियों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं हालाँकि खाद्य पदार्थो की होम डिलीवरी करने की व्यवस्था की गयी है

शिवपुरी जिले में कोरोना वायरस को लेकर सोशल मीडिया में भामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी बालाघाट में कलेक्टर ने जिले के प्रायवेट चिकित्सकों की बैठक लेकर कोराना महामारी से निपटने के लिए किये जा रहे उपायों पर चर्चा की विश्व स्वास्थ्य संगठन कोविड विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस से उत्पन्न महामारी का दृष्प्रभाव पहले से करीब दोगुना होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है संगठन ने कल जारी एक ब्यान में कहा कि एक सप्ताह में मुतकों की संख्या बढ़कर द्गनी होना और संक्रमित व्यक्तियों की संख्या दस लाख पर पहुंचना अत्यंत चिंताजनक है

अन्मान है कि इस महामारी से बचाव का टीका तैयार होने में एक से डेढ़ वर्ष लगेगा ग़ह मंत्रलाय फेक न्यूज ग़ह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है कि वे झूठी खबरों को रोकने के लिए कारगार उपाय करें पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार लोगों के लिए एक वेबपोर्टल बना रही है ताकि वे तथ्यों की जांच कर सके और असत्य खबरों को तत्काल खारीज कर सके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भी कहा गया है कि वे अपने अपने स्तर ऐसी ही व्यवस्था करे रामनवमीं आज रामनवमीं है रामनवमीं का पर्व देश के साथ साथ प्रदेश में भी श्रद्वा और आस्था के साथ मनाया जाता है आज चैत्र नवरात्र का समापन भी हो रहा है हिंद् धर्म शास्त्रों के अन्सार इस दिन भगवान श्री राम जी का जन्म हआ था इस बार लाक डाउन के कारण लोग घर में रहकर ही रामनवमीं मना रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायड्र प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी राज्यपाल लालजी टंडनम्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अनेक नेताओं ने रामनवमी पर लोगों को बधाई दी है आज आगरमालवा जिले के मंदिरों में ताले खोलकर भगवान श्रीराम की पूजा की गई वही कोरोना संक्रमण को देखते हए जिले में अन्य किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन नही हए